आ भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उथायों का संकल लें मास्क हनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें मख्यमंत्री बदरीनाथ म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदरीनाथ धाम में भगवान विष्ण् के दर्शन और प्रजा अर्चना की उन्होंने दोनों राज्यों के लोगों और देशवासियों की स्ख समृद्धि की कामना की इस अवसर शर दोनों मुख्यमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के श्यटक आवास गृह का भूमि प्रूजन और शिलान्यास भी किया

दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आईटीबीपीए सेना और बीआरओ के जवानों से मिले और उनका हौसला बढ़ाया म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बदरीनाथ में बर्फबारी के कारण यातायात और अन्य व्यवस्थाएं स्चारू रखने के लिए जन द चमोली को एक करोड़ रू ये देने की घोषणा कीए ताकि श्रद्धाल्ओं को किसी भी प्रकार की अस्विधा न हो योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखण्ड के चार धामों में र्यटन के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में किये जा रहे कार्यों को सराहा

ये विवाद उत्तराखण्ड के नये राज्य बनने के बाद से ही चल रहे थे उत्तराखण्ड के म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अ नी रचनात्मक और सकारात्मक हल से इन सभी समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त की है इसके रिणामस्वरू ही हरिद्वार में उत्तर प्रदेश र्यटन विकास निगम के अलकनन्दा होटल का विवाद हल हो गया दोनों राज्यों की सरकारो ने आ सी सहमति से तय किया कि अलकनन्दा होटल उत्तराखण्ड सरकार को सौंपेगे और उत्तर प्रदेश सरकार उसी के बगल में एक नया भागीरथी स्र्यटन आवास ग़ह बनायेगी इस अतिथि ग़ह का निर्माण लगभग पुर्ण हो च्का है

म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास के थ र तेजी से अग्रसर है उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक उत्तम प्रदेश बनने की कामना की आरक्षण र फैसला महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगी

इस वर्षए पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले बीस दशमलव दो ांच प्रतिशत अधिक धान की खरीद की गई है

यह भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लीनिकल रीक्षण है

भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है भारत बायोटेक कं नी भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान रिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है

प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐ ए माइ गॉव र अ ने विचार साझा करने को कहा है

रिकार्ड किए गए क्छ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं

यह जानकारी राज्य की म्ख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज सचिवालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत में दी

इस दौरान खांडखाला और टि री चेक ोस्ट र बोलार्ड सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि वाहनों की सघन चेकिंग हो सके सीआईएसएफ चेक ोस्ट र बिना चेकिंग के जाने वाले वाहनों के लिए यह सिस्टम कारगर साबित होगा खासबात यह है कि सामान्य वाहनों की भांति टीएचडीसी के लोग भी इस दौरान डैमटॉ से आवाजाही नहीं कर ाएंगे विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से टिहरी बांध सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम है बी रम जीरो प्वाइंट मार्ग की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए टीएचडीसी निश्चित समय के लिए दिन में बांध के ऊ र सामान्य वाहनों की आवाजाही करवाती है लेकिन आईबी ने बांध की स्रक्षा की दृष्टि से सरकार और प्रशासन को आगाह किया है टीएचडीसी इंडिया के अधिशासी निदेशक वीके बड़ोनी ने बताया कि टिहरी बांध के चार एंट्री प्वाईट हैं आईबी की रिशोर्ट के आधार प्रर चेक प्वाइंट प्रर बोलार्ड सिस्टम लगाए जाने हैं

कोविड जागरूकता रैली बागेश्वर जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हये जिला प्रशासन ने शहर भर में एक जन जागरूकता रैली निकाली रैली के माध्यम से प्रशासन ने लोगों को कोरोना के खतरे और उससे बचाव की जानकारी दी जागरूकता रैली में आंगनबाड़ी कार्यकत्री और पीआरडी जवानों के अलावा आम नागरिकों ने भी शिरकत की

उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहींए तब तक कोई ढिलाई नहीं उन्होंने सभी लोगों से मास्क हनने सहित आवश्यक निर्देशों का शालन करने को कहा